प्रधानमंत्री स्वच्छता केंद्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उदघाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव आया है

मोदी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रॅंस के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत एक लाख करोड़ रूपये की वित्तीय सुविधा की शुरूआत करेंगे वे प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत साढ़े आठ करोड़ किसानों के लिये सत्रह हजार करोड़ रूपये के कोष की छठी किस्त भी जारी करेंगे केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे सीएम वेबनार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश ईज ऑफ लाईफ यानि जीवन को बेहतर बनाने के लिये सभी आवश्यक उपायों पर अमल करेगा आत्मनिर्भर भारत को रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से वेबनार की श्रृंखला के दूसरे दिन सुशासन पर केन्द्रित विचार विमर्श का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के लिये ईज ऑफ लाईफ सरकार का ध्येय रहेगा

लेकिन अब जल्द ही इसकी पहचान रसीले आमों के लिए भी होने लगेगी